हरियाणा के सरकारी चीनी मिलों में चीनी के साथ गुड़ और शक्कर का उत्पादन शुरू किया गया है

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की द्री आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सभी राज्यो के म्ख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे

कोविड शीलड और कोवैक्सीन नामक टीकों को लगाये जाने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन इस्तेमाल हेतु अनुमति दी है जिन्हें स्रक्षित पाया गया है स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्वाओं को सबसे पहले ये टीके लगाये जायेंगे जो लगभग तीन करोड़ लोग होंगे

इनमें हरियाणा के हेल्थ केयर वर्कर की संख्या दो लाख होगी जबकि फ्रंटलाइन पर काम करने वाले वर्कर्स लगभग साढ़े चार लाख होंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स में निकाय कर्मी सफाई कर्मचारी प्लिस सिविल डिफेंस के कर्मचारी जेल का स्टाफ तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे

य्वा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय परसों देश में एक सप्ताह के राष्ट्रीय य्वा महोत्सव का आयोजन करेगा युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है इस वर्ष वर्ष्अल मोड पर होने इस महोत्सव में प्रत्येक राज्य के प्रतिभाशाली य्वा इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे आकाशवाणी से साक्षात्कार में केन्द्रीय य्वा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसो य्वा महोत्सव का उदघाटन् करेंगे और संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले य्वा सांसद कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी परसो स्बह वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये दूसरे राष्ट्रीय संसद समारोह के समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे तीन विजयी प्रतिभागी भी इस दौरान अपने विचार रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व य्वा मामले तथा खेल मंत्री किरेन रिजेजू इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

इस वर्ष राष्ट्रीय य्वा समारोह राष्ट्रीय य्वा समारोह के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रीय य्वा समारोह का उद्देश्य देश के य्वाओं को एक साथ लाकर उनीक प्रतिभा को मंच प्रदान करना है जिसमें यूवा औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मिलकर अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को आदान प्रदान व प्रदर्शन करते है ये समारोह राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता भाईचारे उत्साह को भी बढ़ावा देता है तकिा एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को और बल दिया जा सकें ग्ड़ और शक्कर की बढ़ती मांग को देखते हए हरियाणा सरकार ने पहली बार सहकारी चीनी मिलों में इनका उत्पादन श्रू किया है सहकारी चीनी मिल महम ने सबसे पहले ग्ड़ और शक्कर का उत्पादन और बिक्री श्रू कर दी है वहीं कैथल और पलवल की सहकारी चीनी मिलों में भी इस सप्ताह से उत्पादन श्रू हो जाएगा

सादे और मसाले वाले ग्ड़ को एक किलोग्राम से लेकर दस किलोग्राम तक की पैकिंग में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा

हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल ग्र्जर ने कहा है कि हिन्दी हम सब का अभिमान है यह भारत की शान है उन्होंने कहा कि हिन्दी जन जन की भाषा है

विश्व हिन्दी दिवस पर शिक्षा मंत्री ने विश्वभर में हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिन्दी दिवस कहा कि को मनाया जाता है हिन्दी को पंसद करने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है उन्होंने कहा कि विश्व में हिन्दी भाषा को अलग पहचान दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए विश्व हिन्दी दिवस को मनाया जाता है

मंत्रालय के अन्सार सभी प्रदेशों व केन्द्र शासित प्रदेशों को इस सम्बध में कार्ययोजना बनाने के लिए कहा गया है ताकि जिन बच्चों की पढ़ाई इस महामारी के दौरान छूट दिये गई है व वो स्कूल वापस नहीं पहुंचे है उनकी पढ़ाई जारी रहे

भारतीय जनता पार्टी ने पंचकूला शाखा द्वारा जिले के सभी मंडलों में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं

विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र पर कहा कि भाजपा आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है

अब मौसम हरियाणा में आज काफी स्थानों पर सूरज के नज़र न आने के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई

चंडीगढ़ सहित प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तामपान सामान्य से कम रहा